एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार स्थिति पर पूरी तरह निगाह रख हुए है उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कोई भी केंद्रीय मंत्री विदेश यात्रा नहीं करेगा साथ ही उन्होंने देशवासियों से अनावश्यक यात्राओं को टालने की सलाह दी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भीडभाड वाली जगहों से बचकर इस वायरस को फैलने से रोक सकते हैं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 प्रधानमंत्री ने कहा कि इन उपायों में वीजा निलंबन तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना शामिल है विधानसभा शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओकओवर से कल वन अग्नि रोकथाम और नियंत्रण जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जंगलों की आग से वन सम्पदा और वन्य जीवन को भारी नुकसान होता है और इससे निपटने के लिए प्रशासनिक व तकनीकी उपायों को अपनाना जरूरी है मुख्यमंत्री ने आग की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए आम लोगों और स्थानीय समुदायों की सहभागिता पर भी बल दिया मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी रूक रूककर हिमपात व निचले क्षेत्रों में वर्षा का कम जारी है प्रदेश में कल रात आंधी तूफान व ओलावृष्टि से फसलों को नुक्सान पहुंचा है और प्रदेश एक बार फिर ठंड की चपेट में आ गया है लाहौल स्पीति से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि जिला मुख्यालय केलंग में डेढ़ फुट और गोंदला सिस्सू कोकसर में ढाई से तीन फुट तक ताजा हिमपात हुआ है

लगातार हो रही बर्फबारी से हिमखंड गिरने का खतरा भी बढ़ गया है लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हए जिला प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है यैस बैंक के मुददे पर हिमाचल विधानसभा में विपक्ष का हंगामा हिमाचल दस्तक ने इंदु गोस्वामी आज भरेंगी नामांकन शीर्षक से लिखा है भाजपा ने फिर कांगड़ा को दी राज्यसभा की सीट दैनिक भास्कर के शब्द हैं राज्यसभा के लिए भाजपा से इंद् गोस्वामी का नाम तय हुआ कल भरेंगी नामांकन पंजाब केसरी का कहना है राज्यसभा के लिए आज नामांकन भरेंगी इंदु गोस्वामी निर्विरोध चयन तय दैनिक जागरण ने लिखा है आलाकमान का आदेश इंदु ही जाएंगी राज्यसभा कोरोना वायरस से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है हिमाचल में कोरोना के इलाज और रोकथाम में बाधा बने तो जाएंगे जेल अजीत समाचार की सुर्खी है जयराम का सामूहिक जनसभाओं व समारोह को रोकने का आहवान पंजाब केसरी ने लिखा है हांगकांग से लौटा युवक आई जी एम सी में भर्ती अमर उजाला का शीर्षक है धर्मशाला की पिच पर रन नहीं बादल बरसे बिना टॉस हुए पहला वनडे रदद अजीत समाचार के शब्द हैं हिमाचल में हिमपात व बारिश

आपका फैसला के शब्द हैं बारालाचा दर्रा व कुंजुम जोत में चार फीट बर्फबारी मानव भारती विश्वद्यिालय फर्जी डिग्री मामले से जुड़ी खबर को दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है चार महिलाओं की संलिप्तता के सबूत पंजाब केसरी के शब्द हैं सोलन पुलिस ने धर्मशाला से कुछ दस्तावेज व कम्प्यूटर कब्जे में लिए